इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के परिवार की सालाना आय आठ लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये

तभी वह इसका लाभ ले सकेगा बताया जाता है कि केन्द्र सरकार अगले एक हफ्ते में इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देगी गुरू गोविंद जयंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिखों के दसवें धर्म गुरू गुरू गोविन्दसिंह की तीन सौ इक्यानवीं जयंती के अवसर पर आज उनकी स्मृति में एक सिक्का जारी किया पिछले वर्ष पांच जनवरी को प्रधानमंत्री ने गुरू गोविन्दसिंह की जयंती पर उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया था

गुरु गोविन्द सिंह की जयंती पर आज राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न गुरुद्वारों में सबद कीर्तन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं कुम्भ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम कृम्भ के शुरू होने में अब केवल दो दिन शेष हैं पन्द्रह जनवरी को मकर सक्रांति के दिन से यहां शाही स्नान के साथ कुम्भ की शुरूआत हो जायेगी देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्वालु अभी से यहां पहुंच गये हैं ताकि वे कुम्भ के दौरान स्नान के साथ ही अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग ले सकें उज्जैन मोहन्ती मुख्य सचिव एस आर मोहन्ती ने आज उज्जैन में मकर संक्रांति की व्यवस्थाओं का जायजा लिया इससे पहले कल प्रमुख सचिव संजय दुबे ने मकर संक्रान्ति पर होने वाले रनान और जल प्रबंधन की समीक्षा की बैठक के बाद उन्होंने त्रिवेणी और रामघाट का निरीक्षण भी किया गौरतलब है कि शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्दालुओं को कीचड़युक्त पानी से स्नान करना पड़ा था जिस पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन कलेक्टर और संभागायुक्त को हटा दिया था ऐसे में प्रशासन मकर संक्रान्ति पर आने वाले श्रद्वालुओं के लिए माकूल इंतजाम में लगा हुआ है जीतू पटवारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स मे प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है

उन्होंने विजेता खिलाड़ियो को बधाई दी और विभिन्न प्रतियोगिताओ में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएँ व्यक्त की कार्यशाला राजधानी भोपाल में कल महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई पुलिस उप महानिरीक्षक धर्मेन्द्र चौधरी ने इस कार्यशाला में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में बारिकी से विवेचना करने और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी श्री चौधरी ने कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में सूचना मिलते ही संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही कर पीड़ितों की मदद करना चाहिये

कार्यक्रम का मुख्य उद्वेश्य लोगों को मताधिकार के प्रति प्रोत्साहित करना है मौसम प्रदेश में लोगों को ठंड से मामूली राहत मिली है

वहीं चंबल और ग्वालियर संभाग में बादल छाये रहने और कोहरे के आसार हैं

किसान अब इस केन्द्र पर धान बेच सकते हैं